आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत मैत्री की भावना का सम्मान करता है और अपने शत्रुओं को भी उचित सम्मान देने में सक्षम है प्रधानमंत्री ने लोगों का आव्हान किया है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सभी का संकल्प समर्पण और सहयोग जरूरी है श्री मोदी ने कहा कि जब लोग स्थानीय चीजे खरीदने के साथ ही स्थानीय उत्पादों के लिये भी जोर देंगे तो देश को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रहेगी साथ ही यह एक तरह से देश की सेवा भी होगी उन्होने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को खुद अपने आपको विभिन्न बीमारियों से बचाना होगा इसके लिये आयुर्वेदिक दवाओं और जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि के साथ साथ गरम पानी के सेवन से भी स्वस्थ रहा जा सकता है

छतरपुर जिले में भी कोरोना संक्रमण की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है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

इसके तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा केन्द्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि संकल्प पर्व के दौरान लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पांच वृक्षों बरगद आंवला पीपल अशोक और बेल के पौधे लगाकर देश के औषधीय पौधों को महत्व देने की परम्परा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है उन्होंने कहा है कि इन वक्षों के पौधे उपलब्ध न होने पर लोग अपनी पसंद के अन्य उपयोगी पौधे भी लगा सकते हैं मौसम प्रदेश में इन दिनों बारिश का सिलसिला जारी है